श्री योगी ने आज गोरखपुर में नागरिकता संशोधन क़ानून क समर्थन में आयोजित एक रैली को सबोधित करते हुए कहा कि संशोधित अधिनियम पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया ह इससे देश में रह रहे किसी भी व्यक्ति की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा श्री योगी ने कहा कि यह अधिनियम सिर्फ उन लोगों के खिलाफ है जो भारतीय सीमा में अवैध रूप से दाख़िल हुए हैं और राष्ट्र विरोध गतिविधियों में संलिप्त हैं मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं विशेषकर य्रवाओं का आवाहन किया कि वे इस अधिनियम के बारे में सही तथ्यों की जानकारी सामान्य जन को दे मुख्यमंत्री ने पड़ोसी देशों म हिन्दू सिख बौद्घ पारसी जैन और ईसाई धर्मावलम्बियों के उत्पीड़न के लिए कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्नीस सौ पचास और पचपन में नागरिकता अधिनियम बनाते समय पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्कों को नागरिकता देने का प्रावधान करना चाहिए था रैली को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून भारतीयता की अभिव्यक्ति है और मौजूदा सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को मूर्त रूप दे रही है यह रैलियां प्रदेश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में भाजपा द्वारा शरू किये गये व्यापक जन जागरण अभियान का हिस्सा है अभियान के जरिए लोगों को नागरिकता क़ानून के बारे में तथ्यात्मक जानकारी दी जा रही है अभियान के तहत केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह इक्कीस जनवरी का लखनऊ में एक कार्यक्रम को सम्बोधित करेंगे जबकि बाइस जनवरी को केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर कानपुर में और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मेरठ में रैली में भाग लेंगे

देश भर में विद्यार्थी शिक्षक आर अभिभावक इस संवाद कार्यक्रम का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कार्यक्रम मं श्रो मोदी सवालों का जवाब देंगे और चुनिदा विद्यार्थियों से परीक्षा के तनाव स उबरने के बारे में विचार विमर्श करेंगे पिछले साल जनवरी म भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से अपने जीवन में तकनीकी के बेहतर उपयोग के बारे में संवाद किया था आज भी जो मैं दुनिया के इतने देशों के साथ और देश के लोगों से बात कर रहा हूं उसका कारण टेक्नॉलोजी का उपयोग है तो एक ही चीज के दो अच्छे पहलू होते हैं एकि किसी को बहुत सीमित कर देता है तो दूसरे को बहुत विस्तृत कर देता है आप उसके साथ बैठिए उसको आप कभी काम दीजिए कि मैंने सुना है कि नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा चावल पकाते हैं देखो बेटा ढूंढ कर मुझे बताओ कैसे बनता है वो चावल तो उसको लगेगा मां मुझे टेक्नौँलोजी की मदद से चावल पकाने का नागालैंड की पद्धति क्याा है वो सिखाना चाहती हैं वो टेक्नॉलोजी आप दोनों को जोड़ने का कारण बन सकती है

डॉ शर्मा ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए आशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री द्वारा कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान रखा जाने वाला वक्तव्य छात्रों और अभिभावकों के लिए प्रेरणा का पुंज बनेगा परीक्षा एक ऐसा प्रकल्प है जो बच्चों को तनाव भी देता है बच्चे परिश्रम को बावजूद अपने परीक्षा परिणाम को लेकर आशंकित रहते है और तनाव की मुद्रा में उनका अधिकांश समय बीतता है

आज आने वाली जो परीक्षाएं हैं नकल विहीन परीक्षा सरकार का लक्ष्य है लेकिन नकल विहीन परीक्षा के साथ साथ बच्चों में तनाव न थे सुखी मन शिक्षक हो तनाव मुक्त विद्यार्थी हो गुणवत्तापरक शिक्षा हो यह शासन सत्ता की प्राथमिकताओं में से एक है तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी अपने वक्तव्य रखेंगें तो प्रेरणा का पुंज बनेगा

श्री बालियान आज मुजफ्फरनगर में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों की चाभो सौंपने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे श्री बालियान ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि अब कोई भी गरीब बिना घर के न रहे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि संघ किसी पंथ जाति या मज़हब का विरोधी नही है बल्कि यह सबको साथ लेकर चलने की अवधारणा पर विश्वास करता है श्री भागवत आज बरेली के रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय में भविष्य का भारत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का द्रष्टिकोण विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बोल रहे थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरएसएस संविधान स अलग सत्ता का केन्द्र नहीं बनना चाहता जैसा कि लोग आरोप लगाते हैं श्री भागवत ने कहा कि देश संविधान की व्यवस्था से चलता है और उनका संगठन संविधान से अलग कोई शक्ति केन्द्र नहीं है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन मे पांच साल से कम आयु के बच्चों को पोलियो रोधी ड्राप पिलाकर इस वर्ष पल्स पोलियों कार्यक्रम का शुभारंभ किया था यह अभियान चौबीस जनवरी तक जारी रहेगा और कल से स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर बच्चों को पालियो ड्राप देंगें इस उददेश्य के लिए सभी जिलों में स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें लगायी जा रही हैं

वह लगभग बयासी वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार थे श्री किदवाई विधि वेत्ता होने के साथ साथ दो बार राज्य विधान परिषद के सदस्य भी रहे थे पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि स्वर्गीय किदवाई का अंतिम संस्कार कल दोपहर बाराबंकी में उनके पैतृक गांव बड़ेल में किया जायेगा

बाइट नागरिकता संशोधन अधिनियम ने तीन देशों अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो प्रताड़ित जो गैर बहुसंख्यक लोग हैं उनको भारत की नागरिकता देने का प्राविधान है ये स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए कि इसमें इन प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने का प्राविधान है किसी की नागरिकता को लेने का कोई भी कहीं भी समावेश नहीं है इस तरह निरापद रूप से यह एक ऐसा प्राविधान है जो राष्ट्रहित में है जो राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को अक्षुण्य बनाये रखने में सहायक है एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इस अधिनियम को लेकर एक भ्रम फैलाये जा रहा है उसको दबाने की जरूरत है उसकी पूरी तरह से अस्वीकार करने की जरूरत है क्योंकि भ्रंमवश इस प्रकार की उत्तेजना में आकर जो प्रदर्शन ही नहीं हो रहे भावावेश में आकर लोग हिंसा पर उतारू हो रहे हैं हिंसा तो किसी प्रकार से कह सकते है कि स्वीकार्य नही हो सकती

श्री सिब्बल ने कल कोझीकोड में केरल साहित्य महोत्सव में यह बात कही